नये मानदंड पहली जुलाई से लागू होंगे

हरियाणा में सूरजम्खी की फसल की खरीद परसों श्रू होगी हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म लधु और मध्यम उद्योगों की ऋण सम्बधी शिकायतों के निपटारे के लिए हरियाणा उद्यम सहयोग नामक पोर्टल की श्रूआत की

केन्द्रीय सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने देश मे सूक्षम लघ् और मध्यम इन उद्योगों की परिभाषा और मानदंडो मे संशोधन को लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है नई परिभाषा और मानदंड पहली जुलाई से लागू होंगे

इस परिभाषा के अन्सार सूक्ष्म उद्योगों में एक करोड़ रूपये तक का निवेश और पांच करोड़ रूपये का कारोबार हो सकता है

मंत्रालय ने कहा कि नई परिभाषा मे किसी भी उदयोग के लिए निर्यात को कारोबार में शामिल नहीं किया जायेगा हरियाणा सरकार ने नगरपालिका सीमाओं के भीतर बाज़ारों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि रात नौ बजे से सुबह पांच बते तक रात्रि कर्फ्यू के कारण लागो के आवगमन पर पाबंदी रहेगी और दुकाने नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलेगी सभी बाज़ारों में दकानदारों और ग्राहकों को सामाजिक दरी का पालन करना होगा उन्होंने बताया कि दुकानदारों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना भी अनिवार्य होगा और ग्राहकों के सम्पर्क में आने वाले दरवाजे व हैंडल आदि को बार बार सैनेटाइज़ करना होगा ग्राहकों के लिए भी मास्क पहनना जरूरी होगा उन्होंने कहा कि दुकान के अंदर दूरी बनी रहे इसलिए कम से कम कर्मचारियों को बुलाने की अन्मति होगी उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरपालिका के कर्मचारी ऐसे बाज़ार क्षेत्रों की दिन और रात के समय नियमित अंतराल पर सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे

ये गाड़ी हरिद्वार लखनऊ फैजाबाद आज़मगढ़ अम्बेडकर नगर भी जायेगी

जाने से पहले उनकी डाक्टरी जांच भी की गई और उन्हें मास्क भोजन और अन्य आवश्यक सामान भी उपलब्ध करवाया गया उन्होंने बताया कि अगली विशेष श्रमिक रेलगाड़ी परसों जायेगी प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों में भेजने का सिलसिला जारी है

जिला राजस्व अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि ग्रूगाम से यह श्रमिक विशेष रेलगाड़ी दवारा अपने गृह राज्यों बिहार पश्चिम बंगाल और उड़ीस के लिए रवाना होंगे उन्होंने बताया कि जाने से पहले सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई और उन्हे मास्क सैनेटाज़र व खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करवाया गया

उन्होने बताया कि सरकार ने सूरजमुखी की खरीद के लिए हैफेड और राज्य गोदाम निगम को नामित किया है हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योगों को ऋण सम्बधी शिकायतों के निपटारे के लिए हरियाणा उदयम सहयोग नामक पोर्टल की शुरूआत की है इस पोर्टल को शुरू करने का उददेश्य हरियाणा में इन उदयोगों को आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत अधिकतम लाभ देना है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उद्योगपती राज्य हरियाणा पोर्टल पर लॉग इन करके अपने शिकायत दर्ज करवा सकते है मिली सभी शिकायतों को रोज़ाना बैंकों के पास ले जाकर तेज़ी से हल किया जायेगा

रोहतक से हमारे संवाददाता ने आज पीजीआई उपचाराधीन जींद के एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यू होने की खबर है

की मृत्यु हुई है

सिविल सर्जन डा जसजीत कौर ने बताया कि व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच की जायेगी

हरियाण से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आठ नये कोरोना मरीज़ मिले है सिविल सर्जन डा क्लदीप ने बताया कि पांच मरीज़ एक ही परिवार से है

इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया कि रोहतक में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीज़ की अंतिम संस्कार रोहतक में ही कर दिया गया फतेहाबद के गांव भौडी के शमशान घाट में चार हथगोले मिले है ग्रामीणों दवारा सूचना के बाद प्लिस ने मौके पर पहंच कर हथगोलों को अपने कब्जे में ले लिया प्लिस ने इन हथगोलों को नकारा करने के लिए सेना की हिसार छावनी को सूचित कर दिया है

उन्होंने बताया कि दसर्वी का परिणाम पहले ली गई चार परीक्षाओं क आधारपर भी घोषित किया जायेगा